प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर ढ़ाई हजार से अधिक हुई

पटना वैशाली जहानाबाद और गया समेत राज्य के अन्य हिस्सों में डेंग् के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है जलजमाव वाले क्षेत्रों से नये मामलों के सामने आने के साथ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर ढ़ाई हजार से अधिक हो गयी है पटना और आसपास के क्षेत्रों से पिछले कुछ दिनों में सोलह सौ से अधिक मामले सामने आये हैं जांच के दौरान आज पटना में एक सौ तेरह मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है इधर नौ सदस्यीय केन्द्रीय टीम डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रोकथाम के उपाय और मच्छरों के लार्वा को एकत्र कर रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने कल एनएमसीएच का दौरा किया था केंद्रीय टीम में शामिल सदस्यों ने मेडिसीन विभाग और माइक्रो बायोलॉजी लैब का निरीक्षण किया एनएमसीएच में डेंगू मरीजों के लिये अलग वार्ड बनाने का निर्देश दिया इधर डेंगू की मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण पटना के ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की कमी हो गयी है पीएमसीएच के ब्लड बैंक प्रमुख डॉक्टर उपेंद्र सिन्हा ने लोगों से रक्तदान की अपील की है जिससे प्लेटलेट्स की कोई कमी नहीं होने पाये दूसरी तरफ पटना के जलजमाव वाले क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी में हुए जलजमाव पर आज सुनवाई की न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की खंडपीठ ने सरकार और नगर निगम से पच्चीस अक्टूबर तक विभिन्न कार्रवाईयों का ब्यौरा तलब किया है अदालत ने त्यौहारों को लेकर युद्धस्तर पर सफाई करने और डेंगू की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं खंडपीठ ने नवीन कुमार सिंह और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया इक्कीस अक्टूबर को विधानसभा की पांच और समस्तीपूर लोकसभा सीट के लिये चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है भाजपा जदयू लोजपा कांग्रेस राजद और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सहित विभिन्न दलों के नेता अपने अपने दलों और गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं रोड शो कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्य में राजग को अटूट बताया और कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी श्री कुमार भागलपुर के नाथनगर सीट पर जदयू के लक्ष्मी कांत मंडल के समर्थन में चूनाव प्रचार कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा सड़क अस्पताल समेत सभी क्षेत्रों में काम किये गये हैं सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है इसके तहत प्रत्येक पंचायत में उच्च विद्यालय खोले जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नयन बांका देश ही नही बल्कि दूनिया में धूम मचा रहा है जीविका योजना चला कर महिलाओं को सम्मान दिया गया है मुख्यमंत्री ने बांका के बेलहर सीट से जदयू प्रत्याशी लालधारी यादव के समर्थन में भी चुनावी सभा को संबोधित किया वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज समस्तीपूर में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी प्रिंस राज के पक्ष में रोड शो किया श्री मोदी ने दावा किया कि उप चुनाव मे आज भी लोकसभा चुनाव की तरह नरेन्द्र मोदी लहर चल रही है वहीं लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट पर हो रहे उप चुनाव में एकतरफा माहौल देखा जा रहा है इस रोड शो मे जदयू राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर समेत अन्य एनडीए नेता शामिल थे राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने समस्तीपुर सीट से कांग्रेस के अशोक कुमार के समर्थन में रोसड़ा में चूनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में भाजपा और जदयू की नेतृत्व वाली सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है श्री यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की उन्होंने नाथनगर में पार्टी प्रत्याशी राबिया खातून के समर्थन में लोगों से मतदान करने की अपील की कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने किशनगंज में पार्टी प्रत्याशी सईदा बानू के समर्थन में चूनाव प्रचार किया इधर सीपीआई के वरिष्ठ नेताओं ने दरौंदा से पार्टी प्रत्याशी भरत सिंह और किशनगंज से फिरोज आलम के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया भागलपुर में नाथनगर सहरसा के सिमरी बख्तियारपूर विधानसभा सीट पर उपचूनाव के लिए भी विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने अपने पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चूनाव प्रचार किया कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शैक्षिक वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस से चरणबद्ध तरीके से सैनिक स्कूलों में लड़कियों को दाखिला देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी यह फैसला दो वर्ष पूर्व मिजोरम के छिंगछिप सैनिक स्कूल में लड़कियों को प्रवेश देने के सफल प्रयोग के बाद लिया गया है श्री सिंह ने अधिकारियों से इस के लिए सैनिक स्कूल में आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने और पर्याप्त संख्या में महिला कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है यह निर्णय सरकार के व्यापक समावेशन लैंगिक समानता सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की व्यापक भागीदारी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजब्रती प्रदान करने के उद्देश्यों के अनुरूप है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी सताईस अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस दिन दीपावली का त्यौहार भी है इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह अटठावनवां संस्करण है एक टवीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने लोगों को माई गॉव ओपन फोरम या नमोऐप पर विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया है टोलफ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी हिन्दी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराये जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर भी मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एस एम एस लिंक प्राप्त करने के बाद सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं रिकॉर्ड हुए कुछ संदेश इस प्रसारण का हिस्सा बन सकते हैं पटना जिले में पूलिस ने खिरी मोड़ थाना क्षेत्र से पचास हजार रुपये के एक ईनामी नक्सली सतीश महतो को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस ने बड़ी आपराधी वारदात को अंजाम देने के साजिश रच रहे उसके पांच अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने आज औरंगाबाद में स्थापित डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र का लोकार्पण किया श्री सिंह ने कहा कि इस पासपोर्ट सेवा केन्द्र के खूल जाने से औरंगाबाद और आसपास के जिलों को पासपोर्ट बनाने के लिए दूसर नहीं जाना पड़ेगा बिहार पूलिस की एसटीएफ ने दरभंगा के दो इंजीनियरों के हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता विकास झा उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया है विकास झा पिछले दिनों भागलपुर सेंट्रल जेल से फरार हो गया था अदालत ने उसे इंजीनियर हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सूनायी है राजधानी पटना के खगौल थाना क्षेत्र से अज्ञात अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के कर्मचारी से पांच लाख रुपये लूट लिये पूलिस सूत्रों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर आये दो अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गहौना पंचायत में मनरेगा योजना के तहत फर्जी मस्टर रोल तैयार कर सोलह लाख रुपये से अधिक की राशि के गबन का मामला प्रकाश में आया है जिलाधिकारी ने इस मामले में मुखिया समेत एक दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने और गबन की राशि वसूली का आदेश दिया है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन कल गया के दयानंद सुशीला सांस्कृतिक केन्द्र में आयोजित किया जायेगा इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के संगीत कलाकारों द्वारा शस्त्रीय संगीत की मनमोहक प्रस्तुति की जायेगी कार्यक्रम में मुम्बई की शास्त्रीय गायिका वरदा गोडबोले अपनी प्रस्तुति देंगी वहीं आकाशवाणी दिल्ली के कलाकार प्रभात कुमार द्वारा सरोद पर राग सिंधू भैरवी और अहिरी तोड़ी की प्रस्तुति की जायेगी मैग्सेसे पूरस्कार से सम्मानित समाजसेवी राजेन्द्र सिंह ने आज गया में आयोजित पदजल यात्रा में भाग लिया श्री सिंह ने इस दौरान फल्गु नदी के पूर्वी तट पर सीता कुंड के पास लोगों को बारिश के पानी को संचय करने और जल संरक्षण की शपथ दिलायी मुजफ्फरपुर जिले में अलग अलग जगहों पर डूबने से सात बच्चों की मौत हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि सकरा थाना क्षेत्र के विशनपुर बघनगरी गांव में तालाब में डूबकर चार युवतियों की मौत हो गयी वहीं मीनापुर में तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गयी

प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर ढ़ाई हजार से अधिक हुई